इस बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में भाजपा का प्रतिनिधि मण्डल राज्यपाल को ज्ञापन सौपेगा बीकानेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में कल विभिन्न संगठनों की ओर से रैली निकाली गई इस दौरान उन्होंने इस कानून को लागू करने के लिए केन्द्र सरकार का आभार जताया इससे पहले कल अजमेर में कई राजनीतिक और गैर राजनीतिक लोगों ने आजाद पार्क में इस कानून के समर्थन में जन समर्थन रैली का आयोजन किया उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से इस कानून को प्रत्येक राज्य में लागू कराने की पहल करने की मांग की श्रीगंगानगर में भी इस कानून के समर्थन में जुलूस निकाला गया

इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने दिल्ली में एहतियात के तौर पर दो मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और बाहर जाने के मार्ग बंद कर दिये हैं मेट्रो ट्रेन जामिया मिलिया इस्लामिया और जसोला विहार शाहीन बाग स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी

विशेष लोक अभियोजक श्रीचंद ने बताया कि अदालत ने कल चार दोषियों के लिए सजा के अनुपात पर बहस सुनी और आज शाम फैसला सुनाना तय किया है गौरतलब है कि न्यायालय ने इस मामले में पांच आरोपियों में से चार को दोषी ठहराया था वहीं एक आरोपी को दोषमुक्त करार दिया था

इसके अलावा विकास प्रदर्शनी भी लगाई गई है वहीं बाडमेर में विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है ऊर्जा और जिले के प्रभारी मंत्री डॉ बी डी कल्ला ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया इस दौरान प्रभारी सचिव डॉ वीणा प्रधान विधायक मेवाराम जैन जिला प्रमुख प्रियंका मेघवाल अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे कार्यक्रम में डॉ कल्ला ने बाडमेर दर्शन पुस्तिका का विमोचन किया वहीं अजमेर में भी जिला मुख्यालय सहित ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर भी कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे है इसके चलते आज रन फोर निरोगी राजस्थान दौड का आयोजन किया गया इस बीच नागौर झुंझुनूं जैसलमेर में भी निरोगी राजस्थान दौड का आयोजन किया गया

पुलिस महानिदेशक डॉ भूपेन्द्र सिंह ने इस संबंध में एक आदेश जारी कर सभी जिलों में डी एस टी के गठन की मंजूरी दी है

हालांकि लोग अभी भी ठण्ड से परेशान नजर आ रहे है